मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वनों को राज्य की सबसे बड़ी संपदा बताया दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी नकल रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल ने किये कडे इंतजाम हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिये बालाघाट जिले में महिलाओं द्वारा वनों की रक्षा के लिए किये जा रहे प्रयासों पर खास रिपोर्ट

कटनी सिवनी अनूपपुर सहित कई जिलों में भी बारिश होने से बदला मौसम पीएम न्यायिक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कानून का राज ही सामाजिक परिवर्तन और व्यवस्था में बदलाव का आधार है उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दिल से स्वीकार किया है श्री मोदी ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाये रखने वाले फैसलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब देश तेजी से बदल रहा है और इसका वनक्षेत्र भी बढ़ रहा है

आज भोपाल में आयोजित वानिकी सम्मेलन को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि वनों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी वनों से जुडे लोगों और वन विभाग के प्रत्येक सदस्य की है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्राथमिकताएं बदल रही हैं उन्होंने बांस और छोटे अनाज का उदाहरण देते हुए बताया कि अब ये आर्थिक महत्व की फसल बन रही है कार्यक्रम में उन्होंने वनांचल संदेश कैम्पिंग डेस्टिनेशन और वाईल्डलाईफ डेस्टिनेशन पुस्तकों का विमोचन किया

बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां प्री कर ली गई है

परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए मण्डल ने इस बार विशेष इंतजाम किये हैं इसके लिए परीक्षा केन्द्रों पर दो बार परीक्षार्थी की तलाशी ली जायेगी इस दौरान जूते मोजें जैकेट टोपी की भी जांच होगी खास बात यह है कि मण्डल द्वारा परीक्षाकेंद्रों के बाहर एक पेटी रखवाई जायेगी जिसमें छात्र नैतिक आधार पर परीक्षा शुरू होने से पहले नकल सामग्री डाल सकें एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं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

खेलो इण्डिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ओडिशा के कटक में पहली खेलो इण्डिया विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि ओड़िशा में इन खेलों के आयोजन से नया इतिहास बना है और भारत विश्वविद्यालय खेल आयोजित करने वाले देशों में शामिल हो गया है उन्होंने कहा कि इससे आज भारत में खेलकूद के क्षेत्र में नये अध्याय की शुरुआत हो रही है मौसम मौसम में अचानक बदलाव से प्रदेश के कटनी सतना रीवा और पन्ना जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे कटनी में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई वहीं सिवनी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के लखनादौन में गरज चमक के साथ बूंदा बांदी हई उधर अनुपपुर सिंगरौली और डिण्डौरी जिले के कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की गई सतना में भी करीब एक घंटे ओले गिरने से खेतों और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई बेमौसम बरसात और ओले गिरने से दलहनी फसलें प्रभावित होने की आशंका है

सिंगरौली पुलिस ने चार केबल चोरों को गिरफ्तार किया है देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा शराब के अवैध निर्माण उसका भण्डारण और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है छतरपुर जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है

बैतूल जिले के नवनियुक्त कलेक्टर राकेश सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया

ग्ना में आज विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पैनल लायर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया सागर में कल मातृभाषा दिवस पर शैक्षिक उन्नयन में मातृभाषा की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया

खंडवा में पुलिस ने मां की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने इस मामले को छह घंटे के भीतर सुलझा लिया है